नगर विकास और आवास विभाग के सचिव तथा बुडको के प्रबंध निदेशक हटाये गये

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

और बिहार म्यूजियम में टिकट बिक्री घोटाला में क्यूरेटर मौमिता घोष बर्खास्त

इसके अन्तर्गत नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद और बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमेन्द्र प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर को नगर विकास के सचिव वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह को ब्रुडको की जिम्मेदारी दी गयी है संजय अग्रवाल को पटना के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक में नगर निगम और बूडको के अंठावन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी इधर पटना में जल जमाव के कारणों की जांच के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है इस कमिटी को एक महीने के अन्दर रिपोर्ट तैयार कर सौंपने को कहा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में सूखे और बाढ़ से नष्ट हुई फसलों की समीक्षा करके एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने सुखाड़ और कृषि इनपुट अनुदान नीति से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक में कहा कि पीड़ित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि भुगतान किया जायेगा ताकि वे रबी फसल की खेती बेहतर ढंग से कर सके राज्य सरकार ने फैसला किया है कि खेती की गयी जमीन में फसलों के मुर्झाने जमीन में दरार उत्पन्न होने और उपज में तैंतीस प्रतिशत या उससे अधिक गिरावट होने पर प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा प्रदेश में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है जांच के दौरान एक सौ सतावन नये मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है इधर पीएमसीएच में जांच के बाद कल डेंगू के उनासी मरीजों पहचान हुई है अब तक पीएमसीएच में सोलह सौ से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अभी महामारी की स्थिति की आशंका नहीं है उन्होंने कल जल जमाव वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों में लगे केन्द्रीय टीमों एजेंसियों और राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों को साथ समीक्षा बैठक के बाद यह बात कही इधर खबर है कि पुलिस परिवहन मुख्यालय में पदस्थापित एक हवलदार की डेंगू से मौत हो गयी प्रदेश के ग्यारह जिलों में बालू घाटों की होने वाली बंदोबस्ती स्थगित कर दी गयी है खनन और भू तत्व विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया प्राधिकरण के आगामी इक्कीस अक्तूबर के सुनवाई के बाद टेंडर और निविदा दस्तावेजों की बिक्री के मामलों में फैसला लिया जायेगा गौरतलब है कि पटना भोजपुर अरवल जमुई बांका लखीसराय भागलपुर औरंगाबाद रोहतास गया जहानाबाद सहित इन जिलों में बालू खनन का टेंडर होना था इक्कीस अक्तूबर को विधानसभा की पांच और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है विधानसभा की पांच में चार सीट जदयू की है जबकि एक सीट कांग्रेस की है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से इन सीटों पर जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भागलपुर के नाथ नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे बेलहर और दरौंदा विधानसभा सहित समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे गंगा नदी के पानी को पेय जल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गया राजगीर और नवादा पाईप लाईन के जरिये पहुंचाया जायेगा जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव कुमार हंस ने इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि इन तीन शहरों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए एक सौ इक्यानवे किलोमीटर से अधिक तक पाईप लाईन बिछायी जायेगी इस सिलसिलें में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया है पटना रिथित बिहार म्यूजियम में टिकट बिक्री के गबन के मामले में क्यूरेटर मौमिता घोष को बर्खास्त कर दिया गया है जांच में पांच करोड़ रूपये के घोटाले का मामला सामने आया है इस संबंध में म्युजियम के निदेशक मोहम्मद युसूफ ने थाने में पांच पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी भारतीय डाक विभाग ने देश में मोबाईल बैंकिंग की शुरूआत की है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह सेवा फिलहाल बचत खाते पर मिलेगी इधर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक बचत खातों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खातों को जोड़ने की अपील की है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रेलवे से कहा है कि वह माल लादने उतारने के दौरान होने वाले प्रद्षण को रोकने के लिए उचित प्रणाली विकसित करे अधिकरण ने रेलवे स्टेशनों पर सीमेंट जैसे सामान को लादने और उतारने के दौरान होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई समस्तीपुर रेलखंड पर अगले छह दिनों तक जयनगर बैजलपुरा के बीच प्री नन इंटरलॉकिंग कार्य होने के कारण जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है वहीं जयनगर दरभंगा जयनगर सवारी गाड़ी का परिचालन भी अठारह से तेईस अक्तूबर तक रद्द रहेगा इधर समस्तीपुर रेल मंडल की उन्नीस डेमू ट्रेने कल से मेमू ट्रेन में परिवर्तित हो जायेगी साथ ही इन ट्रेनों के नम्बर भी बदल जायेंगे रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेमू ट्रेन में परिवर्तित होने से डीजल की बचत होने के साथ ही ट्रेनों की गति और समय पालन में भी सुधार होगा बिहार मदरसा बोर्ड ने वस्तानिया फोकनिया और मौलवी की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है इस परीक्षा के लिए इकतीस अक्तूबर तक फॉर्म भरे जायेंगे पंचायती राज विभाग ने औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड की एरौरा पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार चौरसिया को वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में बर्खास्त कर दिया है पूर्णिया जिले में नगर थाना क्षेत्र के कृपा बाबा स्थान के पास अपराधियों ने मोटरसाइकिल सवार व्यवसायी को गोली मारकर छह लाख रुपये लूट लिये दरभंगा जिले की प्रलिस ने मब्बी आउट पोस्ट क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर दो दिन पूर्व हुये लूट के मामले में छह अपराधियों को लूट की राशि के साथ गिरफ्तार किया है मध्रबनी में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में पटना को दोहरा खिताब हासिल हुआ है अंडर सेवेंटीन के खिताबी मुकाबले में पटना ने मध्रबनी को जबकि अंडर नाईनटीन में बेगूसराय को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया इधर अंडर फोरटीन मुकाबले में बेगूसराय की टीम ने पटना को हराकर चैंपियन बनी है समस्तीपुर में खेली जा रही राज्य स्तरीय विद्यालय अंतर जिला अंडर फोरटिम बालक फूटबॉल प्रतियोगिता में सुपौल की टीम क्वार्टर फाईनल में प्रवेश किया है छत्तीसगढ़ में खेली जा रही उनतालीसवीं सबजूनियर राष्ट्रीय बॉल बेडमिंटन चैंपियनशिप के बालक वर्ग के यूगल मुकाबले में बिहार की टीम ने अपने पहले मैच में केरल और आंध्र प्रदेश को पराजित किया वहीं बालिका वर्ग की युगल मुकाबले में बिहार की टीम ने मेजबान छत्तीसगढ़ को हराया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है पटना हाई कोर्ट ने माना आठ साल बाद परीक्षा होने से अभ्यर्थी छूट के हकदार हाई कोर्ट ने कहा एसटीईटी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दे दैनिक जागरण की सुर्खी है जल जमाव पर सरकार की सख्ती दोषी बड़े अफसरों पर गिरी गाज प्रभात खबर का शीर्षक है अयोध्या मामले में आज हो सकती है अंतिम सुनवाई दैनिक भास्कर लिखता है बाढ़ सुखाड़ से फसल क्षति का आकलन सात दिनों में इसी आधार पर मिलेगी कृषि इनपुट सब्सिडी अखबार आज डेंगू की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है डेंगू पीड़ित एक हजार सात सौ इक्यावन घरों की केन्द्रीय टीम ने की सघन जांच

नगर विकास और आवास विभाग के सचिव तथा बुडको के प्रबंध निदेशक हटाये गये

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

और बिहार म्युजियम में टिकट बिक्री घोटाला में क्यूरेटर मौमिता घोष बर्खास्त